राज्य के विभिन्न जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचाई गई ईवीएम मशीनें

कांगड़ा संसदीय सीट के वोटों की गिनती के लिये चंबा नूरपुर ज्वालामुखी धर्मशाला और पालमपुर में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं मंडी संसदीय क्षेत्र के मतों की गिनती केलंग कुल्लू मंडी सुंदरनगर जोगिंद्रनगर रामपुर और रिकांगपिओ में की जाएगी इसी तरह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की मतगणना हमीरपुर ऊना और बिलासपुर जबकि शिमला सीट के वोटों की गिनती के लिये सोलन नाहन और धामी में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं ईवीएम प्रदेश के विभिन्न जिलों में मतदान के बाद ईवीएम मशीनें कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचा दी गई है

इन मशीनों को सीमा सुरक्षा बल के विशेष हेलिकॉप्टर के माध्यम से स्ट्रॉन्ग रूम में लाया गया जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी चौधरी ने बताया कि मतगणनाकर्मियों के लिए कल केलंग में पूर्वाभ्यास करवाया जाएगा उधर जनजातीय क्षेत्र पांगी से भी ईवीएम मशीने आज चम्बा जिला मुख्यालय लाई गई सिरमौर जिले के सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों से ईवीएम मशीने कड़ी सुरक्षा के बीच नाहन स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचा दी गई है सुरक्षा की दृष्टि से स्ट्रॉन्ग रूम के सभी मार्गों को सील कर दिया गया है मंडी मतगणना उधर मंडी जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी उन्होंने कहा कि मतगणना के समय यदि कोई ईवीएम किसी वजह से पोलिंग नहीं दर्शातीं तो उस स्थिति में उस मतदान केंद्र की वीवीपैट पर्चियों की गणना की जाएगी निर्वाचन अधिकारी के अनुसार जिले के सभी पोस्टल मतों की गिनती जिला मुख्यालय में उनकी देखरेख में ही होगी उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनें कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई हैं और सीसीटीवी के माध्यम से भी इनकी निगरानी की जा रही है बिलासपुर मतगणना बिलासपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक भाटिया ने कहा कि मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए मतगणना कक्ष में दस दस टेबल स्थापित किए जाएंगे

किन्नौर ईवीएम किन्नौर जिला निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिकांगपिओ में स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है हमारे प्रतिनिधि के अनुसार आज सुबह सुरक्षा कर्मियों को स्ट्रॉन्ग रूम से धुआं निकलने का अंदेशा हुआ जिसकी जानकारी अग्निशमन विभाग व अन्य सुरक्षा दस्तों को दी गई सहायक निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किया गया और ईवीएम सुरक्षित पाई गई है

प्रदेश में सबसे कम मतदान हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के धर्मपुर में हुआ

हालांकि कुछ चैनलों ने यह अनुमान भी व्यक्त किया है कि एनडीए बहुमत से कुछ पीछे रह सकता है मुख्यमंत्री इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने एग्जिट पोल सर्वेक्षण में एनडीए को मिल रहे भारी बहुमत पर प्रसन्नता जताई है एक ब्यान में उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले पांच वर्ष में हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है जिनका परिणाम एग्जिट पोल के सर्वे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है जयराम ठाकुर ने कहा कि पांच वर्ष का एनडीए कार्यकाल स्वर्णिम रहा है जो कांग्रेस पार्टी के करीब छः दशक के कार्यकाल पर भारी पड़ा है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस चारों सीटें जीतने में कामयाब रहेगी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी मतदान पूर्व में भी सत्ता विरोधी दर्शाता रहा है और इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान सत्ता विरोधी ही साबित होगा राठौर ने भाजपा पर चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी तंत्र के द्रुपयोग का भी आरोप लगाया

मतदान प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने मतदान प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए मतदाताओं का आभार जताया है उन्होंने चुनाव ड्यूटी में तैनात सभी मतदान दलों सुरक्षा कर्मियों सहित अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की देवेश कुमार ने बताया कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों व खराब मौसम के बावजूद दुर्गम क्षेत्रों तक मतदान दलों ने पैदल पहुंचकर निर्वाचन आयोग के कोई मतदाता न छूटे के संकल्प को सफल बनाने में हर सम्भव प्रयास किए हैं कार्यशाला शिमला में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन व दिनचर्या कार्यशाला आज शुरू हुई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर कहा कि ऐसे आयोजन कार्यकुशलता और कार्य क्षमता में निखार लाते हैं उन्होंने तनाव प्रबंधन में संगीत की अहम भूमिका की भी विस्तृत जानकारी दी मौसम जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति में आज ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जबकि निचले इलाकों में वर्षा हो रही है राज्य के अन्य ज़िलों में भी मौसम आमतौर पर साफ बना रहा

संघर्ष समिति किसान संघर्ष समिति ने राज्य सरकार पर मंडियों में किसानों व बागवानों का शोषण रोकने के लिए उचित कदम न उठाने का आरोप लगाया है

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि ऐसे विद्यार्थियों की सूची बोर्ड की साईट पर उपलब्ध है और निर्धारित तिथि तक दस्तावेज जमा न करवाने वाले परीक्षार्थियों का परिणाम रदद समझा जाएगा